प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले छः वर्ष में किसानों के कल्याण के लिए कई उपाय किये हैं किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है आज इस कार्यक्रम मध्य प्रदेश के ऐसे पैंतीस लाख किसानों के बैंक खातों में सोलह सौ करोड़ रुपये ट्रांसफर किये जा रहे हैं कोई बिचौलिया नहीं कोई कमीशन नहीं कोई कट नहीं कोई कटती नहीं सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है श्री मोदी ने कहा कि भंडारण सुविधाए बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है उन्होने कहा कि किसानों की प्रगति के लिए उन्हें आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों को ग्मराह किया जा रहा है उन्होंने कहा कि देश के किसान किसानों संगठन कृषि विशेषज्ञ कृषि अर्थशास्त्री कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में जिला स्तर पर कार्यवाही की जा रही है उन्होने बताया कि शासन स्तर से जिलों को वैक्सीन की प्रमावी कोल्ड चेन व्यवस्था तथा ट्रांसपोर्टेशन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं वैक्सीनेटर्स के प्रशिक्षण की कार्यवाही भी प्रगति पर है उन्होंने कहा कि वह कल सम्पूर्ण वैक्सीनेशन प्रोसेस की समीक्षा करेंगे श्री योगी ने आज लोक भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुये कहा कि कोविड नाइन्टीन के सम्बन्ध में अभी भी पूरी सतर्कता दरतनी आवश्यक है इस सम्बन्ध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है कोविड नाइन्टीन के संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में निरन्तर जागरूक किया जाए उन्हें सोशल डिस्टेन्सिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग के सम्बन्ध में लगातार प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाये गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरूआत होगी इस कानून से देश के किसान अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे कल किसानों को लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है श्री तोमर ने कहा कि वह किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में मेरठ में आयोजित किसान सभा में आज केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किसानों को संबोधित किया इस कार्यक्रम में मेरठ मुजफ्फरनगर शामली बागपत और गाजियाबाद के किसान शामिल हए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान और गरीब के परिवारों की बेटियों महिलाओं को शौचालय मिले ग्यारह करोड़ परिवारों को देश में शौचालय उपलब्ध कराए गए उन्होंने कहा कि किसान का विकास किसान के चहुंमुखी विकास से ही होगा कोई किसान के घर बीमार पड़ता था तो उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना से किसानों को मुफ्त इलाज दिया उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने पर छत्तीस हजार करोड़ के माध्यम से छियासी लाखकिसानों का कर्जा माफ किया गया इस अवसर पर डॉक्टर संजीव क्मार बालियान प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे सरकार ने कहा है कि वर्तमान खरीफ मैसम में पैंतालिस लाख बानबे हजार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की गई है इसके लिए पचहत्तर हजार दो सौ तिरसठ करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया कृषि मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल ग्जरात आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार से तीन सौ अट्ठानबे लाख टन धान की खरीद की गई है देश में पिछले चौबीस घटों के दौरान इकतीस हजार से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए स्वस्थ होने की दर बढ़कर पंचानबे दशमलव चार प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक पंचानवे लाख बीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं संक्रमित लोगों की संख्या केवल तीन दशमलव एक चार प्रतिशत रह गई है इस समय लगभग तीन लाख तेरह हजार लोगों का इलाज चल रहा है